खूंटी पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है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

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले एक सौ वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है

आज एसेट मोनिटाइजेशन से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है श्री कुमार ने कहा कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगे भारतीय कृषि क्षेत्र पर टिप्पणी करते हए उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिना रासायनिक पदार्थो के उपयोग वाली कृषि व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है सफल तरीके से इसे लागू करने पर कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी तथा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज बाबा साहेब अंबेदकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव विधायक दल नेता के आलमगीर आलम कृषि मंत्री बादल पत्रलेख स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे सहित अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वांसुमन अर्पित किये इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि डॉक्टर अंबेदकर ने अस्पृश्यता अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया तथा एक नैतिक और न्याय पूर्ण आदर्श समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बाबा साहब विधिवेत्ता अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे कृषि मंत्री बादल ने आज हजारीबाग रोड स्थित पुराना बाजार एवं डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज में जात पात और छुआछत के खिलाफ अभियान चलाया पार्टी प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई पार्टी नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश निरंजन पासवान ज्योति मथारू और केदार पासवान सहित अन्य लोगों ने डॉ भीमराव अंबेडकर को वैश्विक स्तर के विधिवेत्ता और भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार बताया झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से सखी मंडल समृह का गठन कर उन्हें स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया जा रहा है चतरा जिले के अति पिछड़ा और सर्वाधिक नक्सल प्रभावी क्षेत्र माने जाने वाला कुंदा प्रखंड में चार सौ बासठ महिला समूहों का गठन किया गया है

ग्रामीण महिलाएं अब घर तक सीमित नहीं रह गई हैं सखी मंडल की महिला सदस्यों ने बताया कि पहले वे लोग यूँ हीं दिन गुजारती थीं लेकिन अब आजीविका सखी मंडल का गठन होने से जरूरत के अनुसार बैंकों से ऋण लेकर कार्य कर रही हैं कम ब्याज दर पर जेएसएलपीएस के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं और बकरी पालन मुर्गी पालन और मछली पालन का काम कर रही हैं वहीं जेएसएलपीएस के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कमार सिंह ने बताया कि मिशन नवजीवन के तहत सड़क किनारे शराब बेचने वाली महिलाओं को अन्य रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

खूंटी गुमला के सीमांत से पीएलएफआई का एरिया कमांडर लारा तोपनो उर्फ दुल्लू को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है लारा पर एक लाख रूपये का इनाम था झारखंड पुलिस इनामी नक्सलियों का चेहरा सामने लाने के बाद पुलिस को नक्सलियो के ठिकाने की जानकारी मिलने लगी है

चतरा जिले के गिद्वौर थाना क्षेत्र के रोहमर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई मारपीट की इस घटना में गांव के करीब तीन दर्जन महिलाएं और पुरुष घायल हुए हैं सभी घायलों का इलाज चतरा सदर अस्पताल में किया जा रहा है घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और घटना की छानबीन में जुट गए पुलिस ने इस मामले में करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है ग्रामीणों के अनुसार रोहमर गांव की दो एकड़ भूमि को लेकर दोनों गुटों में लंबे अरसे से विवाद चल रहा है आज सुबह इस भूमि पर मकान बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते रोहमर गांव राणक्षेत्र में तब्दील हो गया गिरिडीह जिले की बेंगाबाद और गांडेय थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर आज छापेमारी कर नौ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी बीन जामा ने बताया कि फार्म एप के माध्यम से और बैंक अधिकारी बनकर ये लोग ठगी कर रहे थे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगी

वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टवेंटी टवेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीत कर श्रंखला पर कब्जा कर लिया है

पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बीस ओवर में पांच विकेट खोकर एक सौ चौरानवे रन बनाये